इस अवसर पर उन्होंने सेना और सीमा सुरक्षाबल के जवानों को संबोधित किया प्रवानमंत्री ने देश की जनताकी तरफ से जवानों और उनके परिजनों को दीपावली की बधाई दी मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुमकामनाएं लेकर आयाहूं आपके लिए कोटि कोटि देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं हर वरिष्ठ जन का मैंआपके लिए आशीष लेकरे के आया हूं मैं आज जन वीर माताओं बहनों और बच्चों को दीपावतीकी हार्दिक शुषकामनाएं देता हूं उनके त्याग को नमन करता हूं जिनके अपने बेटे होया बेटी आज त्योहार के दिन पर भी सरहद पर तैनात हैं वे भी परिवार के सभी लोग भी अभिनंदनके अधिकारी हैं श्री मोदी ने कहा कि लोंगोवालापोस्ट के सैनिकों ने अपने साहस पराक्रम और बलिदान से इस पोस्ट का नाम इतिहास में अमर कर दिया है इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी हैजो आज भी हर भारतीय के दिल को जोरा से भर देती है लॉगेवाला का नाम लेते ही हृदय कीगहराई से मन मंदिर से यही प्रकट होता है जो बोले सोनिहाल सत् श्री अकाल ये जयकाराकानों में गूंजने लगता है साथियों जब भी सैन्य कुरालता के इतिहास के बारे में लिखा पड़ाजाएगा जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी तो बैटल ऑफ लॉर्गवाला को जरूर याद किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के मृक्ति संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड जवाब दिया था श्री मोदी ने कहा कि आज भारत आतकियों को घस कर मारता है श्री मोदी ने कहा कि विवादों की परवाहनहीं करते हए उन्हें जवानों के साथ दीपावली मनाना पसंद है प्रघानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने का फैसला सेना ने किया सेना के इस एक निर्णय ने परे देश को स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा दी श्रीमोदी ने कहा कि इसके कारण ही देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ रहा है प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि सीमा पर जाबाजों का हौसला बुलंद रखने के लिए उनकी हर जरूरत सरकार की प्राथमिकता बनी हई है प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह से मनायी जा रही है यह त्यौहार अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है इस अवसर पर राष्ट्रपतिउपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक संदेश में कहा कि विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्वसे देश के लोगों के बीच एकता सदभाव और भाईचारे की भावना मजबूत होती है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह पर्व भगवान राम के जीवन के श्रेष्ठ आदर्शो और मूल्यों के प्रतिहमारे विश्वास को और मजबूत बनाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा प्रकट की कि दीपावली का त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्ता और खुशहाली बढ़ाएगा प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई देते हए उनके सुख समृद्वि की कामना की है मुख्यमंत्री श्री योगी ने लोगों से सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए दीपावली मनाने की अपील की है अयोध्या में कल दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया

लोग अपने घरो में दीप जलाकर भगवान श्रीगणेश मॉ लक्ष्मी भगवान विष्ण् भगवान शिव मॉ पार्वती भगवान राम मॉ सीता की प्रजा अर्चना कर रहे हैं राष्ट्र आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की एक सौ इकत्तीसवीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है आज का दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर उप राष्ट्रपतिएम वेंकैया नायड़ ने कहा कि आधनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका को सदैव याद रखा जाएगा उन्होंने बाल दिवस पर बच्चों को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी ने भी पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित की है कांग्रेस नेता राहल गांधीने नई दिल्ली में शांति वन जाकर जवाहर लाल नेहरू को श्रद्वांजलि दी